इस चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं ये सीटें हैं नगीना अमरोहा बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा और फतेहपुर सीकरी सनी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार में लगे गये हैं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर समाओं और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है अलीगढ़ में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की उन्होंने कहा कि गठबंधन की बढ़ती ताकत से विपक्षी बेचैन हैं सुश्री मायावती ने आज ही अमरोहा में भी एक जनसभा को सम्बोधित किया फतेहपुरी सीकरी में कॉग्रेस महासविव प्रियंका गांधी ने एक रैली को सम्बोधित किया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कीं इस अवसर पर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी भी मौजूद रहे आगरा में जनसभा को सम्बोधित करते हुये कॉग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास गरीबों और किसानों के लिये समय नही है मुरादाबाद में एक चुनाव जनसभा को सम्बोधित करते हुये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में प्रदेश की हालत खस्ता है बदायूँ में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले ही चरण में ईवीएम पर सवाल उठाकर पार्टियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना कल जारी कर दी जायेगी इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी छबीस अप्रैल तक इच्छुक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण का मतदान बारह मई को होगा छठें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान सम्पन्न होना है उनके नाम हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद आम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा च्नाव प्रचार के दौरान कथित भाषणों का संज्ञान लिया है न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि इन दोनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है आयोग के वकील ने न्यायालय को बताया कि आयोग ने दोनों राजनेताओं को इस बारे में नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना था कि वह निर्वाचन आयोग के इस तर्क पर विचार करेगी कि उसके पास चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिज्ञों के घृणा भाषणों से निपटने के सीमित कानूनी अधिकार हैं न्यायालय ने इस बारे में आयोग के प्रतिनिधि को कल पेश होने को कहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कल रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ उनकी कथित टिपणियों के बारे में नोटिस भेजा है आयोग ने कहा है कि खान की टिप्पणियां अत्यंत अपमानजनक और अनैतिक हैं जो महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अनादर दर्शाती हैं उधर केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव से कहा है कि वे इस मामले में मूकदर्शक न रहें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सात सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज कर दी पार्टी ने प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के लिये संगम लाल गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है अम्बेडकर नगर से मुकुट बिहारी भाजपा के प्रत्याशी होंगे पार्टी ने संतकबीरनगर से प्रवीण निषाद देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिन्द को अपना प्रत्याशी घोषित किया है गोरखपुर संसदीय सीट से फिल्म स्टार रवि किशन भाजपा के प्रत्याशी होंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना गठबंधन तोड़ देने की घोषणा की है पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज बलिया जिले के रसड़ा में इस बात की घोषणा की उन्होंने कहा कि पार्टी ने भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की पवीस लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म को पूरा देखकर देशभर में शुक्रवार को इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में फैसला ले प्रवान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयेग को यह निर्देश भी दिया कि वह इस बारे में अपना फैसला बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे जो इस मामले की अगली सुनवाई बाईस अप्रैल को करेगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले बुधवार को इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था आयोग का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व को उभारने वाली फिल्म को इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए